प्रदेश भाजपा ने कहा केन्द्रीय बजट से हिमाचल में विकास को मिलेगा बल जबकि कांग्रेस ने बजट को बताया निराशावादी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हिमाचल थीम राज्य के रूप में ले रहा है भाग

केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है

निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है

उन्होंने कहा कि लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है उन्होंने कहा कि कृषि सिंचाई योजना फसल बीमा योजना ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और परम्परागत कृषि विकास पर जोर दिया है वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जो अन्य घोषणाएं की हैं उनमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाना भी शामिल है

प्रतिक्रिया इस बीच विभिन्न दलों के नेताओं ने आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा में प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गो का हित शामिल है

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट से हिमाचल के किसानों को भी व्यापक लाभ मिलेगा केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने केन्द्रीय बजट को नए दशक की नई अर्थव्यवस्था का बजट बताया है उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा और युवाओं महिलाओं किसानों निवेशकों व मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े सुधार किए गए हैं

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार धूमल ने केन्द्रीय बजट को सर्वहितैशी करार दिया है

उन्होंने कहा कि बागवानी ऊर्जा उत्पादन पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से हिमाचल को व्यापक लाभ मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय बजट से देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है उन्होंने कहा कि मंदी के कारण बंद पड़े छोटे उद्योगों को पुर्नजीवित करने और महंगाई व बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजट में कोई उपाय नहीं किए गए हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई ने केन्द्रीय बजट प्रस्तावों को गरीबों मजदूरों और किसानों के अहित में बताया है माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा कि इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ नहीं दिया गया है प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेशदत्त और प्रवक्ता शशिदत्त ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों की आशाएं व आकांक्षाएं पूरी होंगी सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किरलोस्कर ने कहा कि बजट में विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर सरकार का दृष्टिकोण स्वागत योग्य है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे हिमाचल प्रदेश इस बार इस मेले में थीम राज्य के रूप में भाग ले रहा है इस मेले का उद्देश्य हिमाचल के हथकरघा हस्तशिल्प फल उत्पाद चाय शहद धातु शिल्प और व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना है राष्ट्रपति ने हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात पर खुशी जताई कि हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम राज्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लोगों को हिमाचल के विभिन्न पारम्परिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मेला प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होगा

पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भुंतर और दूसरी उड़ान भुंतर लोसर भुंतर के बीच होगी